खतरे को देखते हुये तेरह जिले रेड जोन घोषित किये गये

प्रदेश के तीन नये जिले अररिया शेखपुरा और सीतामढ़ी में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आये हैं जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित जिलों की संख्या बढ़कर अठाईस हो गयी है राज्य में तीन सौ छियासठ लोग इस महामारी से संक्रमित हुये हैं कल राज्य में बीस लोगों में इस महामारी की पुष्टि हुई बानवे मरीजों के साथ मुंगेर जिला राज्य का बड़ा कोरोना हॉस्टस्पॉट बना हुआ है इनमें से ग्यारह स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है वहीं पटना में पॉजिटिव मरीजों की संख्या उनतालीस है जिनमें से पांच ठीक हो गए हैं नालंदा में पैंतीस संक्रमितों में से छह ने कोरोना को मात दिया है इधर सीवान में तीस में से बाईस मरीज अस्पताल से घर लौट चुके हैं बक्सर के छब्बीस मरीजों में से एक स्वस्थ हो गया है संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुये तेरह जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है इन जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है प्रदेश में बाहर से आये बीस प्रवासी मजदूरों में कोविड उन्नीस महामारी का संक्रमण हुआ है राज्य सरकार इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और सम्पर्को का पता लगा रही है ज्यादातर मामले मुंबई पुणे और उत्तर प्रदेश से आये कामगारों में मिले हैं इधर इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़कर चौसठ हो गयी है इधर देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार तीन सौ बत्तीस हो गई है इसमें से सात हजार छह सौ छियानवे लोग स्वस्थ हो चूके हैं जबकि एक हजार सात लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस से तीन सौ जिले प्रभावित नहीं है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि तीन जिलों में कम मामले हैं और एक सौ उनतीस जिले हॉटस्पॉट हैं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

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को गैर कोविड उपचार क्षेत्रों में कार्यरत सभी चिकित्सा कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है न्यायालय ने कहा है कि इन उपकरणों के उपयोग के दिशा निर्देशों में आवश्यक सुझाव शामिल किया जाये न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया केन्द्र सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाया जाये जिससे लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों और क्लीनरों को सुरक्षित दूरी रखने मास्क पहनने और सेनेटाइजर के इस्तेमाल जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोविड़ उन्नीस के उपचार के लिए प्लाज्मा थैरेपी सहित कोई भी चिकित्सा पद्धति स्वीकृत नहीं है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

यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल के स्टेज पर है इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यूएसएफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंट थेरेपी के रूप में ही देखा है आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वे इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सकें इसलिए इस विषय में यह क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंकल्यूड न कर ले रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ एवेलेबल न हो तब तक इस थेरेपी को हम केवल या तो रिसर्च या ट्रायल परपस के लिए ही प्रयोग करें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों के लिए आधार अपडेट कराना सुगम बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कामन सर्विस सेंटर को यह सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी है सामान्य सेवा केंद्र इस समय बैंकों के लिए बैंक साथी के रूप में निर्धारित किए गए हैं श्री प्रसाद ने कहा कि लगभग बीस हजार सामान्य सेवा केंद्रों में अब नागरिक आधार से संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे उन्होंने सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों से आग्रह किया कि वे जिम्मेदारी के साथ आधार से जुड़े कार्य करें और इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करें कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान सामान्य सेवा केंद्रों में आधार से जुडे कार्य शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी अब खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आधार अपडेट के लिए बीस हजार अतिरिक्त केंद्र उपलब्ध होंगे और लोगों को इसके लिए बैंक शाखाओं या डाकघरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सूचना प्रोद्यौगिकी कंपनियों के कर्मचारी इकतीस जुलाई तक घर से काम कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने वर्च्रअल प्राइवेट नेटवर्क नियमों में छूट इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी है सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रियों के साथ बैठक में इस निर्णय की जानकारी दी केंद्र सरकार ने राज्यों से फिर कहा है कि वे अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को निर्देशित करे कि कोविड उन्नीस लॉकडाउन के बीच कर्मचारियों को बर्खास्त न करे और न ही उनका वेतन काटा जाए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा था केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हये गर्मियों की छ्टिटयों में भी स्कूली बच्चों को मिड डे मिल देने का निर्णय किया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक के बाद इस बात कि घोषणा की उन्होंने कहा कि इसके लिए सोलह सौ करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था पर विचार की आवश्यकता है राज्यभर में एक सौ बयालीस शहरी निकाय क्षेत्रों में दस लाख से अधिक बिना राशन कार्ड वाले लोगों की पहचान की गयी है राज्य सरकार द्वारा कराये गये सर्वे में पौने तीन लाख से अधिक घर बिना राशन कार्ड वाले पाये गये हैं सरकार ऐसे लोगों को मुफ्त राशन और एक एक हजार रूपये देने की तैयारी कर रही है जिससे लॉकडाउन के अवधि में इन परिवारों को परेशानी से राहत मिल सके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने लगभग तेरह लाख दावों का निपटान किया है जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत सात लाख से अधिक कोविड उन्नीस के दावे शामिल हैं इसमें चार हजार छह सौ चौरासी करोड़ रुपये का वितरण किया गया जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दो हजार करोड रुपये से अधिक के कोविड उन्नीस के दावे शामिल हैं प्रदेश में तीस लाख से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया है कोविड महामारी से बचने और लोगों को जागरूक करने में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया यह एप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है पटना में साढ़े पांच लाख से अधिक लोगों ने इसे अपनाया है राज्य के सत्रह लाख लोगों के बैंक खातों में एक एक हजार रूपये की राशि भेज दी गयी है सूचना और जन सम्पर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लगभग छब्बीस लाख लोगों ने सहायता राशि के लिए आवेदन दिया है उन्होंने कहा कि शेष लोगों के खाते में जल्द ही राशि भेज दी जायेगी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 आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के कई लोगों ने इस मदद के लिए सरकार का आभार जताया है

प्लीज आप सिर्फ घर पे ही रहिए बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए इससे आप अपने आपको बचा रहे हैं अपने घरवालों को बचा रहे हैं अपने दोस्तों का बचा रहे हैं पूरे देश को बचा रहे हैं प्लीज प्लीज लेट्स जस्ट बी एट होम लेट जस्ट स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड यूनाइटेड बी स्टेंड एंड वी वील फाइट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर घर जाकर की जा रही स्क्रीनिंग के दौरान एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस जेई के संबंध में भी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को एईएस से ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंडों में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित स्कूलों के बच्चों को दो सौ ग्राम दूध पाउडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती जुड़वा बहनों की चमकी बुखार यानी एईएस से मृत्यु हो गई ये बहने जिले के मुशहरी प्रखंड के रौशनपुर चक्की की रहने वाली थीं एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ एसके शाही ने दोनों बहनों की मौत की पुष्टि की है सीतामढ़ी जिले के नानपुर में कोरोना पॉजिटिव मामला मिलने के बाद प्रभावित गांव के तीन किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह सील कर सेनेटाईज कराया जा रहा है वहीं जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि पीड़ित युवक की पहचान उजागर करने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जमुई जिले के चार पड़ोसी जिले मुंगेर नवादा लखीसराय और देवघर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है सांसद रामनाथ ठाकुर ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर सैलून और रेस्तराओं में कार्यरत लोगों के हितों को ध्यान में रखकर दिशा निर्देश जारी करने का अुनरोध किया है गौरतलब है कि लॉकडाउन में इन्हें प्रतिबंध से छूट नहीं दी गयी है कोविड महामारी के बीच राज्य से एक अच्छी खबर आयी है बिहार मछली उत्पादन के मामले में देश में चौथा सबसे बड़ा राज्य बना गया है दो हजार उन्नीस बीस के दौरान प्रदेश में छह लाख इकतालीस हजार टन मत्स्य उत्पादन हुआ राज्य में छह किसान कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन खोले जायेंगे राज्य सरकार ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से इसका प्रस्ताव मांगा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पहले से चल रहे दो रेडियो स्टेशनों की प्रसारण अवधि बारह घंटे कर दी गयी है किसान कम्यूनिटी रेडियो पर मौसम की जानकारी देने के साथ किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की सलाह दी जाती है कटिहार जिले में पुलिस ने पच्चीस हजार रुपये के ईनामी और फरार अपराधी सोखा बाबा को गिरफ्तार कर लिया है वहीं नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंझनपूरा मोड़ के पास से पुलिस ने दो अपराधियों को एक देशी कट्टा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में बंगरहट्टा के पास अपराधियों ने ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से पांच लाख रुपये लूट लिये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी प्लाज्मा थेरेपी पर रोक को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है संक्रमण प्लाज्मा थेरेपी से नहीं खत्म हो सकता दैनिक जागरण की बड़ी खबर है प्लाज्मा थेरेपी से इलाज पर रोक प्रभात खबर ने बाहर से छात्रों को लाने के मामले में हाई कोर्ट ने केन्द्र से पांच तक मांगा जवाब को बड़ी खबर बनाया है दैनिक आज लिखता है केन्द्र से नहीं मिले नवासी हजार शिक्षकों के वेतन के पैसे राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है आठ राज्यों में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तीन सौ छियासठ हुई

खतरे को देखते हुये तेरह जिले रेड जोन घोषित किये गये